ं राज्य सरकार ने सैनिक स्कूलों में अध्ययन कर रहे छात्रों की छात्रवृति और आय श्रेणी में बढ़ोतरी करने का लिया निर्णय ं मौसम विभाग ने प्रदेश में कल से पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना जताई माउन्टआबू में पारा जमाव बिन्दू पर पहुंचा

इन चुनावों के लिए उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह का आवंटन चार दिसंबर को किया जाएगा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

उन्होंने बताया कि राज्य पुलिस संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रदेश में लागू राजस्थान महामारी अध्यादेश की साथ ही अन्य सभी प्रावधानों के तहत प्रभावी कार्यवाही कर रही है

सार्वजनिक स्थलों पर थ्रकने शराब का सेवन करने और सार्वजनिक स्थलों पर गुटखा तम्बाकू का सेवन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ भी कार्यवाही की जा रही है

चित्तौड़गढ़ और झुन्झुनू स्थित सैनिक स्कूलों में अध्ययनरत राजस्थानी विद्यार्थियों को अब राज्य सरकार की ओर से शिक्षण शुल्क के लिए छात्रवृति राशि में बढ़ोत्तरी की गई है

प्रधानमंत्री ने कहा कि लोकसभा की कार्य क्षमता में वृद्धि हुई है क्योंकि देश परिवर्तन के लिए नई दिशा में बढना चाहता है

आज वीडियो कांफ्रेस के जरिए वन और पर्यावरण विभाग की समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि विभाग राज्य में जलवायु परिवर्तन और पारिस्थितिकी तंत्र को सुनिश्चित करता है ऐसे में विभाग को अधिक सक्रिय और संगठित होकर काम करना चाहिए

मैदानी इलाकों में सीकर जिले का फतेहपुर शेखावाटी सबसे ठण्डा स्थान रहा